प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये हुए उप चुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगी दल के साथ आठ सीटें जीतीं समाजवादी पार्टी को मिली तीन सीटों पर विजय व्यापार को सुगम बनाने वाले देशों की सूची में भारत चौदह स्थानों के सुधार के साथ तिरसठवें स्थान पर पहुंचा प्रदेश भर में आज धनतेरस त्यौहार का उल्लास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को बधाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को समुचित जानकारी देने का आहवान किया है श्री मोदी कल नमो एप के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों को लाम पहुंचाने के लिये संचालित की गई है सभी जागरूक कार्यकर्ताओं का काम है हमारे अगल बगल में जितने परिवार रहते हैं हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं जैसे बहुत हकदार लोग रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है उनको कोई जाकर समझाता नहीं है नब्बे पैसे में इंस्योरेंश हो सकता है एक रूपये में इंश्योरेंग हो सकता है थोड़ा सा उनका सम्पर्क करके हम बतायेंगे और सरकार की ये जो सोशल बेनीफिट सिक्योरिटी स्कीम है मैं समझता हूं कि उनके इतने आशीर्वाद लेने में हमें अपने काम का इतना संतोष मिलेगा अब जैसे आयुष्मान भारत है अब गरीब परिवार को कभी पता ही नहीं होता है कि यह गोल्ड कार्ड कहां मिलता है मुझे जाना कहां है हम तय करेंगे कि रोज मैं ऐसे पांच परिवारों को जरूर मिलूं कि भाई बताईये गोल्ड कार्ड आपको मिला की नहीं आप बीमार थे तो कमी अस्पताल गोल्ड कार्ड लेकर गये थे कि नहीं गये थे चलिये मैं आपको ले जाता हूं

अब इसीलिये हम राज्य सरकार की और केन्द्र सरकार की योजनाओं का नीचे तक लोगों को लाभ पहचायें प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का जिक करते हुए कहा कि जन सहभागिता के बगैर इस अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता था अब आप देखिये स्वच्छ भारत अभियान क्या यह स्वच्छ भारत अभियान मोदी ने झाड़ लगाया इसलिये हो गया है क्या जी नहीं देश के लोगों ने जी जान से जुट गये हम लोग दो हजार चौदह में जब आपने मुझे पहली बार विजयी करके भेजा था तब देश में चालीस प्रतिशत से भी कम लोगों के पास टॉयलट था पिछले साठ महीने में इस देश के साठ करोड़ लोग टॉयलट के उपयोग करने वाले बन गये उनके घरों में टॉयलट आ गये साठ महीने में साठ करोड़ लोग ये इज्जतघर का लाभ उठाये कितना संतोष होता है हमारी माताओं और बहनों की इज्जतघर इतना बड़ा अच्छा एक इज्जतघर मिल जाये यह कितना आनंद होता है संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ताओं से सम्पर्क स्थापित कर उनके अनुभवों को साझा करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिशों से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है उन्होंने विधानसभा क्षेत्र वार कार्यकर्ताओं के समूहों से बातचीत करते हुए कहा कि दीपावली के अवसर पर उनसे संवाद करके उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है प्रदेश में विधानसभा की ग्यारह सीटों के लिये हुए उप चुनाव के सभी परिणाम कल घोषित कर दिये गये भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ने आठ सीटों पर विजय हासिल की जबकि समाजवादी पार्टी तीन सीटों पर विजयी रही है गंगोह सीट पर भारतीय जनता पार्टी के किरत सिंह ने विजय हासिल की उन्होंने कांग्रेस के नोमान मसूद को लगभग साढ़े पांच हजार वोटों से पराजित किया इसके अलावा अलीगढ़ की इगलास सीट पर भाजपा के राजकुमार सहयोगी ने जीत दर्ज की उन्होंने बसपा के अभय कुमार को पच्चीस हजार से अधिक मतो से हराया लखनऊ कैंट से भाजपा के सुरेश चन्द्र तिवारी विजयी रहे उन्होंने सपा के मेजर आशीष चतुर्वेदी को पैंतीस हजार से अधिक मतो के अंतर से हराया कानपुर की गोविन्दनगर सीट भारतीय जनता पार्टी के सुरेन्द्र नैथानी ने जीती उन्होंने वहां कांग्रेस उम्मीदवार को इक्कीस हजार से अधिक वोटों से पराजित किया चित्रकृट की मानिकपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार आनन्द शुक्ला ने सपा के उम्मीदवार निर्मय सिंह पटेल को बारह हजार पांच से अधिक मतो के अंतर से हराया रामपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार तंजीन फातिमा विजयी घोषित हुई उन्होंने भाजपा के भारत भूषण गुप्ता को सात हजार पांच सौ से अधिक वोटो के अंतर से हराया प्रतापगढ़ सदर सीट भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल ने जीती यहां अपना दल के रामकुमार पाल ने सपा के बृजेश वर्मा को उन्तीस हजार से अधिक वोटो से पराजित किया बाराबंकी की जैदपुर सीट सपा उम्मीदवार गौरव कुमार ने जीती उन्होंने भाजपा उम्मीदवार अम्बरीश को चार हजार एक सौ पैंसठ मतों से हराया अम्बेडकर नगर की जलालपुर सीट से सपा के सुभाष राय विजयी रहे यहां बसपा दूसरे स्थान पर रही बहराइच की बलहा सीट से भाजपा के सरोज सोनकर ने जीत दर्ज की इसी तरह घोसी सीट से भाजपा के विजय कुमार राजभर ने जीत हासिल की श्री राजभर ने सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुधाकर सिंह को एक हजार सात सौ से अधिक वोटो के अंतर से हराया

कल वाशिंगटन में विश्व बैंक द्वारा जारी सूची के अनुसार दिवाला और धन शोघन अक्षमता संहिता आईबीसी के सफल कार्यान्वयन की वजह से भारत लगातार तीसरी बार इस सूची में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दस देशों में शामिल रहा है एक सौ नब्बे देशों वाली पिछली सूची में भारत का स्थान सतहत्तरवां था प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कल नई दिल्ली में प्रसार भारती समाचार सेवा का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को मदद करेगी उन्होंने कहा कि यह बहुत जीवंत समाचार व्यवस्था होगी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्रसार भारती न्यूज सर्विस जो है हमारा प्रसार भारती में ये कुछ दो तीन साल पहले हम सोचा था कि ऐसा एक व्यवस्था या संस्था हमारे प्रसार भारती के अंदर होना चाहिए आज इस दफ्तर का उदघाटन जो हुआ है मैं समझता हूं एक बहत बड़ा ये कदम है और आकाशवाणी और द्ररदर्शन दोनों के लिए ये न्यूज फ्लो जो है ये प्रसार भारती न्यूज सर्विस आगे समय में देखेगा मैं समझता हूं इसका भविष्य बहुत उज्जवल है

डेरा बाबा नानक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ज़ीरो प्वाइंट पर आयोजित समारोह में विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी तथा पंजाब सरकार के प्रतिनिधि मौजूद थे समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही करतारपुर साहिब गलियारे के शुभारंभ की औपचारिक रूपरेखा तय हो गई है समझौते के अनुसार सभी धर्मो के भारतीय श्रद्वालु और भारतीय मूल के लोग करतारपुर साहिब दर्शन के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवम्बर में इस गलियारे का उद्घाटन करेंगे धनतेरस का पर्व आज प्रदेश भर में धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाएगा इसी के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरूआत होगी धनतेरस पर खरीदारी को शुभ माना जाता है ऐसे में प्रदेश भर के बाजारों में धनतेरस की तैयारियों को कल शाम तक ही अंतिम रूप दे दिया गया अँटोमोबाइल सर्राफा इलेक्ट्रॉनिक्स और बर्तन के बाजार दमक उठे हैं आज के दिन आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की जयंती होने के कारण अस्पतालों व दवा की दुकानों पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाएगी दुकानों व उद्योगों में बहीखाते व कुबेर की भी पूजा की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं उधर अयोध्या में कल आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं इस अवसर पर रामनगरी में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पांच लाख इक्वायन हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कल लखनऊ में बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री अयोध्या में दो सौ छब्बीस करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे अयोध्या नगर में सुबह दस बजे से शोभायात्रा निकाली जाएगी यह शोभायात्रा साकेत महाविद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गो से होते हुए रामकथा पार्क में समाप्त होगी इसमें विभिन्न देशों के कलाकार भी भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम करीब चार बजे शोभायात्रा में शामिल होंगे शाम सात बजे से सरयू नदी के घाटों पर दीप प्रज्ज्वलन का कार्यक्रम होगा